उन्होंने यह भी कहा कि सरकार योजनाओं को बेहतर अमल के लिए निजी क्षेत्र भी शामिल कर रही है श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सभी म्ख्यमंत्रियों को मिशन में शामिल होने के लिए लिखा है

उन्होंने कहा कि अग्रिम पंक्ति के टीबी डाक्टर और इसके लिये काम करने वाले इस दिशा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते है मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने रोहतक के उडार गमन भूमि घोटालें और सोनीपत भूमि घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने की घोषणा की है आज हरियाणा विधानसभा में यह घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत ने प्रदेश सरकार से उडार गमन ज़मीन मामले की जांच करने को कहा है और सोनीपत का मामला भी सर्वोच्च न्यायाल में विचाराधीन है म्ख्यमंत्री आज शून्य काल के दौरान उच्चतम न्यायालय द्वारा कल मानेसर ज़मीन अधिग्रहण बारे दिये गये फैसले के मददेनज़र पूर्व म्ख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की सत्ता पक्ष के कई विधायकों की और विपक्ष दवारा हरियाणा कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की मांग के दौरान बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने सदन को बताया कि श्री हडडा के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी शक्तियों को द्रूपयोग करते हए द्भावना प्र्व फैसले किये म्ख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि ींगरा आयोग की रिपोर्ट इस लिए सदन के पटल पर नहीं रखी गई क्योंकि कांग्रेसी आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट चले गये है हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष पर आडियो टेप के माध्यम से लगे कथित श्रष्टाचार के आरोपों की जांच डी जी विजीलेंस को सौंप दी है आज सदन में यह जानकारी देते हए म्ख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बारे दो ओडियो टेप जारी हए है और दोनों में विरोधाभास है मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोप अध्यक्ष पर नहीं बल्कि एक टेप में उनके बेटे पर लगाया गया है जबकि द्रसरे मे इसे नकारा गया है उन्होंने कहा कि टेप में तीन लोगों की बातचीत है म्ख्यमंत्री ने कहा कि जांच के बाद ही कार्रवाई होगी

हरियाणा सरकार किसान आदर्श विदयालयों की फिर से शुरू करेगी शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने विधायक गीता भुक्कल के प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हए कहा कि सांघी में नौ करोड़ और चारखी दादरी में छ करोड़ रूपये की लागत से इमारते बनाई गई है

हरियाणा विधानसभा में आज शक्रवार को वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यू दवारा प्रस्तृत किये गये बजट अनुमानों पर चर्चा हई चर्चा शुरू करते हुए भाजपा के विधायक कमल ग्प्ता ने कहा कि सरकार ने किसान मजदूर और हर वर्ग का बजट में ख्याल रखा है उन्होंने बजट को विकासोम्खी होने और जीएसटी में वृदवि के लिए अच्छा बताया

उन्होंने बजट चर्चा के दौरान भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के घेरने की कोशिश भी की और वितमंत्रीसे राखी गढ़ी के विश्वस्तर के स्थल के तौर पर विकसित करने शाई सौ करोड़ रूपये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैदान के लिए देने और हिसार के तीन विश्वविद्यालयों मे एक का स्तर बढ़ाने मानव रहित रेलवे फाटकों से हरियाणा केा मुक्त करने की योजना बनाने की मांग भी की उन्होंने कामगारों के केन्टीन के माध्यम से दस रूपये में रोटी उपलब्ध करने और एसटीपी संयंत्र लगाने के लिए भी सरकार की सराहना की

जिस पर वित्तमंत्री ने कैप्टन अभिमन्यू ने प्वाइंट आफ आर्डर देते हुए स्पष्ट किया कि बजट भाषण के अलावा प्रत्येक विभाग के लिए रखी गई रकम छपी हुई व डिजीटल फोर्म मे भी उपलब्ध है श्री कादियां ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बजट में अन्दान फसल विवधीकरण कर्ज माफी सरकारी नौकरियों व स्वामीनाथन का जिक्र नहीं है कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है और कम करने का उपाय नहीं सुझाया गया है उन्होंने कहा कि सहकारिता और खिलाडिय़ों की बजट में चर्चा नहीं है

सरकारी सेवाओं व कल्याणकारी योजनाओं से आधार कार्ड लिंक करने की समय सीमा को सर्वोच्च नयायालय ने संवैदयानिक पीठ का फैसला आने तक बढ़ा दिया है

हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कंवर पाल ने आज इनैलो के चार विधायकों को छोड़कर विपक्ष के नेता सहित सभी को विधानसभा की शेष बैठकों के लिए निलंबित कर दिया

इन विधायकों का निलंबन सदन में इस सम्बधी प्रस्तृत एक प्रस्ताव के पारित होने के बाद घोषित किया गया